दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को किया गिरफ्तार

इसे पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अंतिम रूप दिया इसमें छत्तीसगढ़ से चार जम्मू कश्मीर से तीन महाराष्ट्र से पांच ओडिशा से दो तमिलनाडु से आठ उत्तरप्रदेश से नौ त्रिपुरा से दो और पुडूचेरी तथा तेलंगाना से एक एक उम्मीदवार शामिल हैं इस सूची में छत्तीसगढ़ की जिन चार लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें रायपुर से प्रमोद दुबे महासमुंद से धनेन्द्र साह राजनांदगांव से भोलाराम साहू और बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस द्वारा पांच लोकसभा सीटों सरगुजा रायगढ़ जांजगीर चांपा बस्तर और कांकेर के लिए पहले ही उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं दुर्ग और कोरबा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के नामों की घोषणा होना अभी बाकी है वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये कल छत्तीस और ग्यारह उम्मीदवारों की सूची जारी की है इस सूची में छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों के लिए किसी भी उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है जबकि भाजपा ने अपनी पहली सूची में राज्य की पांच सीटों सरगुजा रायगढ़ जांजगीर चांपा बस्तर और कांकेर के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे छह सीटों के लिए भाजपा के उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हुए हैं वहीं बहुजन समाज पार्टी भी छत्तीसगढ़ के छह लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है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 दूसरी ओर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी की बैठक में आज उम्मीदवारों के चयन के लिए विचार मंथन किया गया पार्टी सूत्रों के मुताबिक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है लोकसभा चुनाव नामांकन छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है पहले चरण के तहत बस्तर में ग्यारह अप्रैल को और दूसरे चरण के तहत कांकेर राजनांदगांव और महासमुंद क्षेत्र में अट्ठारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे पहले चरण के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पच्चीस मार्च और दूसरे चरण के लिए छब्बीस मार्च है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक पहले और दूसरे चरण के लिए अब तक छह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच छब्बीस मार्च को और दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच सत्ताईस मार्च को की जाएगी पहले चरण में अट्ठाईस मार्च तक और दूसरे चरण में उनतीस मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे वहीं तीसरे चरण के लिए अट्ठाईस मार्च को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तीसरे चरण में प्रदेश की सात सीटों के लिए तेईस अप्रैल को मतदान होगा सीईओ कार्यालय भ्रमण महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का भ्रमण कर लोकसभा चुनाव के लिए की गई तमाम व्यवस्थाओं का अवलोकन किया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से आए विद्यार्थियों को निर्वाचन कार्यो को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए की जाने वाली तैयारियों और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी उन्होंने मतदान दलों सुरक्षा बलों और निर्वाचन में लगने वाली सामग्रियों के प्रबंधन परिवहन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से बताया श्री साहू ने कहा कि आम निर्वाचन के दौरान व्यापक तैयारी की जरूरत होती है इस मौके पर सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा ने विद्यार्थियों को आदर्श आचार संहिता सी विजिल ऐप और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी नेवी प्रमुख वाइस एडमिरल करमबीर सिंह अगले नौसेना प्रमुख होंगे वे एडमिरल सुनील लांबा का स्थान लेंगे जो आगामी इकतीस मई को सेवानिवृत हो रहे हैं एक विज्ञप्ति के अनुसार वाइस एडमिरल सिंह वर्तमान में पूर्वी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के पद पर कार्यरत हैं लोकपाल शपथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित एक सादे समारोह में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल अध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति घोष को उन्नीस मार्च को देश के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति ने लोकपाल में चार न्यायिक सदस्य और चार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए हैं

न्यायमूर्ति श्री मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वे मुख्य न्यायाधीश अजय त्रिपाठी का स्थान लेंगे जिन्हें हाल ही में नवगठित लोकपाल का सदस्य बनाया गया है केंद्रीय विधि और कानून मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है न्यायमूर्ति श्री त्रिपाठी के लोकपाल सदस्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था धमतरी पुलिस अवार्ड केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर में चयनित सर्वश्रेष्ठ दस पुलिस थानों में से छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के धमतरी पुलिस थाना को वर्ष दो हजार अट्ठारह के लिए उत्कृष्ट थाना घोषित किया है राज्य के पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी ने धमतरी जिला पुलिस को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि इससे अन्य जिलों के पुलिस अधिकारियों को अच्छी पुलिसिंग की प्रेरणा मिलेगी आबकारी जांच प्रदेश में आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय उडनदस्ता के साथ साथ संभागीय उड़नदस्ता और विभिन्न जिलों की टीम ने पांच सौ से अधिक शराब दुकानों की जांच की इस दौरान अधिक दर पर मदिरा बिक्री को अड़तीस प्रकरण दर्ज किए गए जिन मदिरा दुकानों में अनियमितताएं और अधिक दर पर मदिरा विक्रय को प्रकरण दर्ज किए गए हैं उन दुकानों पर कार्यरत प्लेसमेन्ट एजेंसी के कार्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है इसके अलावा कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी आबकारी आयुक्त ने लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए मदिरा दुकानों की सतत् निगरानी करने और अवैध मदिरा के निर्माण परिवहन तथा विक्रय पर नियंत्रण के सख्त निर्देश दिये हैं गर्मी बचाव निर्देश प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए राजस्व विभाग ने ऐहतियात के तौर पर बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को जारी पत्र में भीषण गर्मी के दौरान नागरिकों को लू से बचाने के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए कहा गया है साथ ही लू से बचाव के लिए क्या करें क्या ना करें का पोस्टर तैयार कर सभी ग्राम पंचायतों विकासखण्डों तहसीलों और जिला स्तर पर प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं पत्र में कहा गया है कि ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को लू से बचाव के संबंध में जानकारी देने और कलाजत्था के सहयोग से गीत नुक्कड़ नाटक तथा प्रहसन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा इसी तरह सभी जिला मुख्यालयों में कण्ट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे लू से जन धन की हानि पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी लू से पीड़ित व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने के साथ ही अस्पतालों में आइशोलेशन वार्ड की व्यवस्था की जाएगी आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल और जीवन रक्षक घोल की व्यवस्था रहेगी वहीं सार्वजनिक स्थलों पर अस्थायी पियाऊ घर खोले जाएंगे इसके अलावा खराब हैंडपम्पों की मरम्मत कराने अभियान चलाया जाएगा आगजनी की घटनाओं से निपटने के भी उपाय किए जाएंगे माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने इन माओवादियों को फरसपाल मार्ग पर बैनर पोस्टर लगाते हुए पकड़ा पकड़े गए ये माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सदस्य के रूप में लंबे समय से सक्रिय थे इनके पास से बैनर पोस्टर सहित दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री जब्त की गई है बलिदान दिवस श्रद्धांजलि राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है उन्नीस सौ इकतीस में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में लाहौर में इन्हें फांसी दे दी थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महान शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की है वहीं छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में बेमेतरा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी